मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है पात्र लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद यदि कोरोना हो संक्रमित होते है तो मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होती है और मृत्यु की आंशका नहीं के बराबर हो जाती है इसलिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है

कॉलेज के अंतिम वर्ष के अलावा शेष सभी यूजी पीजी की नियमित कक्षाएं बंद रहेगी

नर्सिंग पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेज पहले की तरह खुले रहेंगे जिम सिनेमाघर स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर बंद रहेंगे

जिलों के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को नाइट कर्फ़यू लगाने के संबंध में विशेष अधिकार दिए हैं

किसी इलाके में पांच से अधिक संक्रमित व्यक्ति मिलने पर जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे नई गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट्स संचालक नाइट कर्फ़यू से पहले तक रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिला सकेंगे उसके बाद टेक अवे या होम डिलीवरी की ही सुविधा दे सकेंगे

वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा अंतर्राज्यीय और अंतर जिला यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है राज्य सरकार ने टीकाकरण की संख्या को रोजाना बढ़ाने के निर्देश दिए है इसके लिए अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर बढ़ने के कारण लगभग सभी जिलों में नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे श्री मोदी सुबह साढे दस बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी भाषण देंगे

राज्य में आज से नये पश्चिमी विक्षोभ के संक्रिय होने से पश्चिमी क्षेत्रों में धूलभरी तेज हवाएं चलने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार इसका असर जैसलमेर नागौर जोधपुर बीकानेर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर और चूरू जिलों में रहेगा